स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में एक मजबूत स्वास्थ्य तंत्र स्थापित किया जायेगा

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विद्यार्थियों को बिना किसी तनाव के परीक्षाों की तैयारी करने और परीक्षायें देने बारे अपने विचार और सुझाव सांझा करेंगे एक टवीट मे श्री मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम के दौरान अलग अलग विषयों बारे रोचक सवालों पर परीक्षा योदधाओं शिक्षकों और अभिभावकों के साथ चर्चा की जायेगी केन्द्रीय शिक्षा मिंत्री रमेश पोखिरियाल निशंक ने कहा है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम परीक्षा के तनाब से निजात पाने के लिए विदयार्थियों की मदद करेगा और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए उनका मनोबल बढ़ायेगा आकाशवाणी से बातचीत में भारत के पहले बलेड रनर डी पी सिंह ने बताया कि परीक्षा एक अनूठा अवसर प्रदान करती है जिसमें तीन घंटो के दौरान विदयार्थियों के धैर्य की परख होती है पैरा ओपम्पियन दीपा मलिक ने कहा कि परीक्षा एक छोटा रियालटी चैक है न कि अपकी प्री द्निया है उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे जब भी तनाव महसूस करे तब अपने परिवार और दोस्तों से बातचीत करें परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के एफ एम गोल्ड चैनल और इन्द्रप्रस्त चैनलो से शाम सात बजे किया जायेगा आकाशवाणी के सभी राजधानी केन्द्रों प्राईमरी चैनलो और स्थानीय रेडियो केन्द्रों से इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जायेगा

बैठक में इस विशेष अवसर पर वर्ष भर चलने वाले समारोहों पर चर्चा की जायेगी केन्द्रीय ग़हमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शिरकत करेंगे

पंचकूला से हमारी संवाददाता ने बताया कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञान चंद ग्प्ता ने गत सोमवार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर इस कॉलेज का निर्माण जल्द श्रू करवाने और पिंजौर में एचएमटी की भूमि पर रक्षा उपकरण उदयोग लगाने का आग्रह किया

हरियाणा में भी आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर विभिन्न जिलों में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया पंचकला में राज्य तपेदिक प्रकोष्ठ में यह दिवस वर्च्अल माध्यम से मनाया गया जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन से डॉ श्रीनिवासन अतिरिक्त सचिव स्वास्थ्य विभाग राजीव अरोड़ा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशक प्रभजोज सिंह शामिल हयं

हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में एक मजबूत स्वास्थ्य तंत्र स्थापित किया गया है आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान म्ख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भी हरियाणा के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बहत साहस से काम किया है तथा इस दौरान टीबी के कार्यक्रम को भी पीछे नहीं छोड़ा ताकि मरीजों को परेशानी न हो सके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक श्री प्रभजोत सिंह ने इस मौके पर कहा कि जनता स्वास्थ्य सेवाओं का निश्ल्क लाभ उठा रही है सिरसा में आज अवसर पर नागरिक अस्पताल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सिविल सर्जन डॉ कृष्ण कुमार ने जिले में मलेरिया की रोकथाम के लिए सराहनीय कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया और आमजन से अपील की कि वे मलेरिया डेंगु व चिकनग्निया से बचने के लिए मच्छर पैदा न होने दे और सुनिश्चित करे कि घरों में किसी भी जगह पानी खड़ा न हो अम्बाला छावनी के नागरिक अस्पताल में डॉ विनय ने प्रत्येक व्यकित के स्वास्थ्रू को लेकर चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी

पलवल में भी जिला प्रशासन व जिला रेडक्रास सोसायटभ दवारा विश्व स्वास्थ्य दिवस पर कोरोना योद्धाओं के उत्साहवर्धन हेतु सम्मान समारोह का आयोजन किया गया

आज सरकारी संस्थानों के साथ साथ निजी संस्थानों में भी कोविड की वैक्सीन लगाई गई